श्री शाह आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात के बाद राजधानी भोपाल स्थित संघ कार्यालय पहुंचे उन्होंने संघ पदाधिकारियों से बात की श्री शाह आज जबलपुर रीवा और शहडोल संभाग के दौरे पर हैं रीवा में वे कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दतिया में जनसभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही दस दिनों में किसानों के कर्जे माफ किये जायेंगे श्री गांधी ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी महिला किसान कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज दोपहर बाद नई दिल्ली एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से महिला किसान में उद्यमी किसान संगठन कृषि वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं

महिलाएं बुआई पौध रोपण और संरक्षण खाद निर्माण कटाई निराई और भंडारण जैसे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है निर्वाचन जागरुकता शिवपुरी जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किए जाने के संबंध में जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है जिले में कल महिला एवं बाल विकास परियोजना खनियां धाना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए इसके अलावा आईएमए शिवपुरी और आईसीएमआर जबलपुर द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यशाला में भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वीप के नोडल अधिकारी राजेश जैन ने ईव्हीएम और वीवीपेट मशीन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी

इन सभी को वीवीपैट ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया वीवीपैट को लेकर सभी में उत्साह रहा पहली बार चुनाव में वीवीपैट का ईस्तेमाल होने जा रहा है इस बार चुनावों में महिला अधिकारियोंकृकर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जायेगी

इन कैमरों के जरिए अधिकारी सीमा पर आने जाने वाले लोगों को लाइव देख सकेंगें पुलिस अधीक्षक रुडोल्फ अल्वारेस ने जिले के अटेर की ओर उत्तरप्रदेश की सीमा में लगे कैमरों और चैकिंग प्वाइंट का दो दिन पहले जायजा लिया श्री अल्वारेस ने बताया कि विधानसभा चुनाव में विशेष चौकसी बरती जा रही है इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का भी सहारा लिया जा रहा है भिंड जिले में मतदान में गड़बड़ी को रोकने के लिए अनेक स्थानों पर आधुनिक हथियारों से लैस जवान तैनात रहेंगे नवरात्रि आज नवरात्रि का छठवां दिन है राजधानी भोपाल सहित प्रदेशमर में शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि ध्मधाम के साथ मनाया जा रहा है भोपाल में दुर्गा पाण्डालों में मां दूर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं विराजीत हैं वहीं शहर में गरबारास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है नरसिंहपुर जिले में देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है करेली में मां दुर्गा की पढ़ाई का संदेश देने वाली झांकियां लगाई गई हैं वहीं आगरमालवा जिले के नलखेडा स्थित बगलामुखी मंदिर में देशभर से श्रद्वालु पहुंच रहे हैं

कटनी में मतदान जागरूकता के लिये सेल्फी पाइंट बनाया गया है